कल शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये इस निर्णय के तहत गेहूँ की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हज़ार आठ सौ चालीस रूपये प्रति कृत्तल की दर से की जायेगी मूल्य समर्थन योजना के तहत रबी ख़रीद वर्ष दो हज़ार उन्नीस वीस में प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने पचास लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा है किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने के लिए क्रय केन्द्रों पर गेहूँ आवक होने तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूँ भी क्रय किया जा सकेगा निर्णय के अनुसार गेहूँ खरीद की अवधि पहली अप्रैल से पन्द्रह जून दो हज़ार उन्नीस तक प्रभावी रहेगी राज्य कैबिनेट ने ग़रीब परिवारों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू करने का फैसला भी किया है इस योजना में बच्चियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक पन्द्रह हज़ार रूपये दिये जार्येगे छः चरणों में दी जाने वाली यह धनराशि लामार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जायेगी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बीएड डिग्रीधारक बेसिक स्कूलों में फिर से सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र माने जायेंगे इसके लिए वेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी है राज्य सरकार ने दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुक़दमों के जल्द निस्तारण के लिए वाराणसी में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने सहित कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है अमरीका में एक सांसद ने पाकिस्तान और कश्मीर में अमरीका के एक गैर लाभकारी संगठन की गतिविधियों की जांच की मांग करने वाला एक विघेयक संसद में पेश किया है इन गतिविधियों में दो हजार आठ के मुम्बई आतंकवादी हमलों में शामिल लश्कर ए तैयबा के साथ कथित सहयोग संबंधी गतिविधियां शामिल हैं इंडियाना से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जिम बैंक्स ने प्रतिनिधि सभा की विदेश संबंधी समिति में यह प्रस्ताव रखा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 यदि पहले ही यह कार्य किया गया होता तो आज हर किसान का जीवन खुशहाल होता और यो उन्नति की राह पर अग्रसर होते नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत मोहन अधिकारी का कल रात निधन हो गया

उन्हें फेफड़े और छाती में शिकायत के बाद काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनका अंतिम संस्कार आज काठमांढू में किया जाएगा प्रदेश में भगवान शिव के पूर्जा अर्चना का पर्व महाशिवरात्रि कल परम्परागत धार्मिक भावना और उत्साह के साथ मनाया जायेगा पर्व को लेकर सभी जिलों के शिवमंदिरों और शिवालयों में तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है उधर प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल इस बार के कुंभ का अंतिम स्थान होगा प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं अब तक बाईस करोड़ से अधिक श्रद्वालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं कल ही कल्पवासियों का भी अंतिम पवित्र स्नान होगा भारतीय पहलवानों ने बल्गारिया में रूस्से में देन पोलोव निकोल पेत्रो टूर्नामेंट में दो स्वर्ण पदक सहित चार पदक जीत लिये हैं पैसठ किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुस्ती में बजरंग पूनिया ने अमरीका के जॉर्डन ओलिवर को हराकर स्वर्ण पदक जीता जबकि पूजा ढांडा ने भी उनसठ किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया पुरूष फ्री स्टाइल में इकसठ किलो भारवर्ग में संदीप तोमर ने रजत पदक जीता प्रदेश के बलिया जिले के ओमांव थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से बाईक के टकरा जाने के कारण दो छात्रा और एक छात्र की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वाले छात्र और छात्रायें इण्टरमीडिएट की परीक्षा देकर घर लौट रही थीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है